पिछले चौबीस घंटे के दौरान दो सौ अट्ठाईस लोगों में हुई संक्रमण की पुष्टि केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि समी बैंकों का निजीकरण नहीं किया जायेगा उन्होंने भरोसा दिलाया कि यदि ऐसा होता है तो कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जायेगी कैबिनेट की बैठक के बाद कल उन्होंने कहा कि जिन बैंकों के निजीकरण की संमावना है वे भी निजीकरण के बाद काम करना जारी रखेंगे और कर्मियों के वेतन या पेंशन संबंधी समी हितों का ख्याल रखा जायेगा केन्द्र सरकार ने फिर कहा है कि रेलवे का निजीकरण नहीं किया जाएगा रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि रेलवे देश की सम्पत्ति है और हमेशा रहेगी लोकसभा में दो हजार इक्कीस बाईस के लिए रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा में भाग लेते हुए कल श्री गोयल ने बताया कि केन्द्रीय बजट में रेलवे के लिए दो लाख पन्द्रह हजार करोड़ रूपये आवंटित किये गये हैं भारतीय रेलवे को देश की वृद्वि का इंजन बताते हुए श्री गोयल ने कहा कि अगर निजी क्षेत्र रेलवे में निवेश करना चाहता है तो देश के हित में उसका स्वागत किया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र अपने साथ दक्षता लाएंगे और वृद्धि को गति देंगे प्रदेश सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत एक अप्रैल से पन्द्रह जून तक किसानों से सीधे गेहूं की खरीद शुरू करेगी रबी विपणन वर्ष दो हजार इक्कीस बाइस में गेहूं की बिक्री के लिए किसानों को खाद्य तथा रसद विमाग की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है किसान जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं एक मार्च से वेबसाइट पर किसानों का पंजीकरण श्रू हो चुका है प्रदेश के खाद्य आयुक्त मनीष चौहान ने बताया कि किसानों की सुविघा के लिए ऑन लाइन टोकन की व्यवस्था की गयी है उन्होंने कहा किसान किसी भी सहायता के लिए जिला खाद्य विपणन अधिकारी अथवा ब्लॉक के विपणन निदेशक से सम्पर्क कर सकते हैं केन्द्रीय सुचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि सरकार कोविड से निपटने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर कल श्री जावडेकर ने कहा कि टीके संक्रामक रोगों की रोकथाम में काफी कारगर साबित हुए हैं

डॉक्टर हर्षवर्धन भारतीयों को पहले टीके लगाये जाने के विपक्ष की ओर से उठाये गये मुद्दों का जवाब दे रहे थे राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि भारत का वर्ष दो हजार पच्चीस तक तपेदिक उन्मूलन का लक्ष्य है उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार लोगों तक पहुंच नई दवाएं और वित्तीय सहायता जैसे कई महत्वपूर्ण कदम पहले ही उठा च्की है श्री नायड् ने लोगों की आदतों में बदलाव लाने के लिए जागरूकता बढाने पर जोर दिया भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि राज्य की योगी सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए काम कर रही है वह कल सुल्तानपुर के कुड़वार में आयेाजित ग्राम चौपाल को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने सपा बसपा और कांग्रेस पर परिवारवाद और वंशवाद का आरोप लगाते हए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एक आम कार्यकर्ता भी अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर संगठन और सत्ता के शीर्ष तक पहुंच सकता है जबकि अन्य पार्टियों में सत्ता सिर्फ कुछ लोगों के इर्द गिर्द रहती है उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी मेदभाव के मिल रहा है घरेलू और निजी नलकूप उपभोक्ताओं की सरचार्ज माफी के लिए शुरू की गई एकमुश्त समाधान योजना के तहत पंजीकरण की अंतिम तिथि को बढ़ाकर इकत्तीस मार्च कर दिया गया है पंजीकरण के लिए पहले पन्द्रह मार्च अंतिम तारीख तय की गई थी ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि उपमोक्ताओं और जनप्रतिनिधियों की मांग पर योजना की अवधि को बढ़ाने का निर्देश दिया गया है प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने कहा है कि राज्य में पिछले कुछ दिनों के दौरान कोविड नाइन्टीन के मामलों में आशिक रूप से बढ़ोत्तरी दर्ज की गयी है उन्होंने लोगों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये अतिरिक्त सावधानी बरतने की अपील की है उन्होंने सभी से मास्क का प्रयोग करने सुरक्षित दूरी बनाये रखने और हाथों को साफ करते रहने को नियमों का पालन करने का आग्रह किया श्री प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में पिछले चौबीस घंटे के दौरान कोविड संक्रमण के दो सौ अट्ठाईस नये मामले सामने आये हैं राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या एक हजार नौ सौ बारह है अब तक पांच लाख चौरानबे हजार नौ सौ तिरानबे लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं महामारी से राज्य में कुल आठ हजार सात सौ पचास लोगों की मृत्यू हुयी है प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच का काम तेजी से जारी है अब तक कूल तीन करोड़ उन्तीस लाख अड़तालीस हजार तीन सौ अठहत्तर नमूनों की जांच की जा चुकी है श्री प्रसाद ने कल कहा कि राज्य में दूसरी बार एक दिन में तीन लाख से ज्यादा लोगों को कोविड का टीका लगाया गया प्रदेश में एक दिन पूर्व तीन लाख ग्यारह हजार तीन सौ इक्यावन लोगों का टीकाकरण किया गया अब तक तीस लाख से ज्यादा लोगो को कोविड के टीके लगाये जा चुके हैं श्री प्रसाद ने बताया कि रविवार को छोड़कर सप्ताह के सभी दिन राज्य के मेडिकल कॉलेज जिला चिकित्सालयों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कोविड टीकाकरण किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की अट्ठाईस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का पचहत्तरवां संस्करण होगा श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि मन की बात कार्यक्रम देशभर से लोगों के विचारों रोचक विषयों और प्रेरक जीवन यात्राओं को उजागर करने का अवसर देता है प्रधानमंत्री ने लोगों से कार्यक्रम के आगामी संस्करण के लिए अपने विचार साझा करने का भी आग्रह किया लोग नमो ऐप या माई गोव ओपन मंच पर अपने विचार साझा कर सकते हैं केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड को बंद करने की मंजूरी दे दी है इस निगम में उनसठ स्थायी कर्मचारी और छह प्रबंधन प्रशिक्ष् सेवारत हैं इन समी को सार्वजनिक उपक्रम विभाग के नियमों के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लाभ का अवसर दिया जाएगा यह निगम वित्त वर्ष दो हजार पन्द्रह सोलह से लगातार घाटे में चल रहा था प्रदेश में मऊ और झांसी सहित अन्य जनपदों में पोषण पखवाड़ा कल से शुरु हो गया नवजात शिश्ओं की माताओं और गर्भवती महिलाओं को पोषण के प्रति जागरूक करने और उन्हें उचित आहार उपलब्ध कराने का यह अभियान इकत्तीस मार्च तक चलेगा मऊ के जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि जनपद के समी विकास खण्डों की ग्राम समाओं में आंगनबाड़ी और आशा कार्यकत्रियों के माध्यम से लोगों के बीच पोषण के प्रति व्यापक प्रचार प्रसार किया जायेगा लखनऊ में आज से चार दिवसीय उन्हत्तरवीं उत्तर प्रदेश पुलिस वार्षिक एथलीट प्रतियोगिता शुरू हो रही है इसका उद्घाटन पैंतीसवीं वाहिनी पीएसी के खेल स्टेडियम में पीएसी के अपर पुलिस महानिदेशक अजय आनंद करेंगे प्रतियोगिता में प्रदेश पुलिस के ख्याति प्राप्त खिलाड़ी भाग ले रहे हैं प्रतियोगिता के अंतिम दिन पुलिस महानिदेशक हितेश चन्द्र अवस्थी विजयी खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित करेंगे आगरा जिले के फतेहाबाद थाने के प्रतापपुरा में कल शाम एक सेप्टिक टैंक के पास खोदे गये गड्ढे में उतरे पांच युवकों की जहरीली गैस से मृत्यु हो गयी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पहले एक युवक गड्ढ़े में उतरा जिसके वापस न आने पर चार और युवक बारी बारी से गड्ढ़े में उतरे और जहरीली गैस के रिसाव के कारण बेहोश हो गये जिनकी बाद में अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो गयी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना में लोगों की मृत्यू पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को दो दो लाख रूपये की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं